प्रधानमंत्री बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे श्री मोदी कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा करेंगे आर्थिक गतिविधियों को स्दृढ़ बनाने के लिए और रियायतें देने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम सप्ताह को देखते हए आगे का रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से यह बैठक बहत महत्वपूर्ण है

ये नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़ अगरतला हावड़ा पटना बिलासप्र रांची भ्वनेश्वर सिकंदराबाद बंगल्रू चेन्नई तिरुवनंतप्रम मडगांव मंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मूतवी के लिए चलेंगी इनके लिए आरक्षण आज शाम चार बजे से शुरू होगा और केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा रेलवे स्टेशनों के टिकट ब्किंग काउंटर बंद रहेंगे और काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अन्मति होगी जिसके पास वैध कन्फर्म्ड टिकट होगा यात्रियों को मास्क लगाना होगा और यात्रा से पहले जांच करानी होगी केवल उन्हीं यात्रियों को रेल में बैठने की अन्मति दी जाएगी जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा रेलवे नये मार्गों पर भी विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन श्रू करेगा

अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल सिरसी पचार गांव की एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है जिस प्रे गांव को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया था

कोरोना वायरस का संक्रमण सिवनी तक भी पहंच गया है

उक्त य्वक को ग्जरात से आने के उपरांत से ही होंम आइसोलेशन में रखा गया था

एक और जांच के बाद उसे छ्ट्टी दे दी जाएगी

चार दिन की शांति के बाद बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले में फिर कोरोना की वापिसी हुई है चार संदिग्धों कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

मुख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में संक्रमित क्षेत्रों की संख्या में कमी आयी है

श्री चौहान कल मंत्रालय में वीसी के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे

राजधानी भोपाल में कल दोपहर बाद अचानक मौसम खुशनुमा हो गया और ठंडी हवाओं के साथ बारिश हई रात में भी रुक रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में मे कई जगहों पर कल रात हुई बारिश से लोगो को गर्मी से राहत मिली

जिसमें टमाटर बैगन पालक मिर्ची ज्यादा प्रभावित हुई हैं उधर छिंदवाड़ा के रिधोरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मृत्य् हो गई

म्रैना जिले के कैलारस में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान य्वक की मृत्य् हो गई सतना जिले में भी कल मौसम का मिजाज बदला जहां तेज धूल भरी आंधी के बाद बारिश हई जिससे तापमान मे कमी दर्ज की गई

गंभीर रूप से घायल एक मजद्र की इलाज के दौरान जबलप्र में कल मृत्य् हई

ः बैतुल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमएल त्यागी ने कल ग्राम पंचायत कढ़ाई में मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया